मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद लखनऊ और मंगलुरू के हवाईअड़डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी में लीज पर देने का निर्णय भी किया है इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सीआरपीएफ आईटीबीपी बीएसएफ और सीमा संषस्त्र बल सहित सैन्य बलों की सेवाओं के ग्रूप ए संवर्ग के अधिकारियों को अन्य सेवाओं के अनुरूप लाभ देने का महत्वपूर्ण फैसला भी किया है

उन्होंने एक खुला पत्र भी जारी किया है इस पत्र में श्री गांधी ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना उनके लिए सम्मान की बात थी

श्री गांधी ने लिखा कि बिना देर किए हुए नए अध्यक्ष का चुनाव जल्द हो जाना चाहिए और वे इस प्रकिया में कही नहीं हैं

प्रभावित इलाकों में पुलिस ने भारी जाब्ता तैनात किया है और अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है

भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया राजेंद्र राठौड और अरूण चतुर्वेद ने आज जयपुर पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव से मुलाकात कर इस घटना के अभियुक्त को गिरफतार करने की मांग की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कटारिया ने कहा कि उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए

इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना टैक्नोलोजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि केन्द्र ने महत्वपूर्ण सुचनाओं की सुरक्षा के लिए नेशनल क्रिटिकल इन्फॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया है

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव किया गया है इसके बाद क्षेत्र में टिड़िडयां नियंत्रण में हैं

सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि उन्होंने इस बारे में लोकसभा में जानकारी मांगी थी

पशु चिकित्सकों ने पैंथर की मौत सामान्य रूप से होना बताया है नागौर में आज बाल वाहिनी योजना समिति की बैठक पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित की गई श्रीगंगानगर जिले में रायसिंहनगर में पुलिस ने अवैध रूप से डोडा पोस्त ले जाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ़तार किया है